एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा है कि वे कोई ऐसा व्यायाम करें जो वे आसानी से कर सकते हों उन्होंने कहा कि इससे उनके जीवन में सकरात्मक बदलाव आएगा श्री मोदी ने अपने सुबह के व्यायाम का एक वीडियों सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उन्होंने कहा है कि वे योगाभ्यास के अलावा वे पंचतत्वों प्रथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बने ट्रैक पर चहलकदमी है इससे वे तरोताजा महसूस करते हैं और उन्हें अपने अंदर नयी स्फूर्ति महसूस होती है राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने प्रदेशवासियों को विश्व रक्तदाता दिवस पर शुभकामनाएं दी है विश्व रक्तदाता दिवस विश्वभर में प्रतिवर्ष चौदह जून को मनाया जाता है

उन्होंने कहा कि रक्तदान से प्रति वर्ष लाखों की संख्या में लोगों की जान बचती है राज्यपाल ने लोगों से निर्धारित आयु सीमा में रक्तदान करने और नियमित तौर पर रक्तदान करने की आवश्यकता पर जागरुकता फैलाने की अपील की सांसद निनोंग ईरिंग ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा से होलोंगी में ग्रीनफिल्ड एयर पोर्ट के तत्काल निर्माण के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया नई दिल्ली में कल केंद्रीय राज्य मंत्री के साथ हुई बैठक में श्री इरिंग ने इस संबंध में एक प्रतिवेदन भी सौंपा पासीघाट में वाणिज्यिक उड़ान शुरु करने के लिए केंद्रीय नाग़रिक उड़डयन मंत्रालय का आभार व्यक्त करते हुए श्री इरिंग ने होलोगी ग्रीनफिल्ड हवाई अड़डा का अभी तक शुरु न होने पर अफसोस व्यक्त किया उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय से केंद्र तथा राज्य सरकार के जरिए होलोंगी हवाई अड्डे के तत्काल निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरु करने का आग्रह किया उन्नीन सौ इक्यावन में राजनीतिक द्रभाषिया पी आई और बाद में सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजक के रुप में कार्य करने वाले समक जामोह का कल उनके पैतृक आवास ईस्ट सियांग जिले के मिरक् में निधन हो गया वे अट्ठानवे वर्ष के थे सांसद निनोंग इरिंग और विधायी सचिव कालिंग मोयोंग और तातुंग जामोह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और कहा कि श्री जामोह राज्य के निर्माण प्रक्रिया और समाज में उनके अमूल्य योगदान एवं सेवा के लिए हमेशा याद किया जाएगा बिजली आपूर्ति ठप होने के कारण अपर सुबनसिरी जिला का द्रम्पोरिजो नगर पिछले दो सप्ताह से अंधेरे में है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बिजली ठप होने के कारण जल आपूर्ति में भी बाधा पहुंच रही है बिजली विभाग द्वारा दो सप्ताह से भी ज्यादा बिजली की आपूर्ति बहाल करने में नकाम होने पर रोष व्यक्त करते हुए नागरिको ने खासतौर पर महिलाओं ने विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय प्रशासन से बिजली की आपूर्ति की तत्काल बहाल करने की मांग भी की पासीघाट के अतिरिक्त जिला उपायुक्त टी बोरांग के नेतृत्व में ईस्ट सियांग जिला स्तरीय समिति निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए नामांकित करने के लिए जिले के गांवो का निरीक्षण करना शुरु कर दिया है ये समिति अपने अपने तीन सब डीविजन पासीघाट मेबो और रुकसिन में सबसे स्वच्छ गांव का चयन करेगा

केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत मध्यम आय समूह के लिए ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना के अंतर्गत ब्याज में रियायत की पात्रता के लिए मकानों के कारपेट एरिया में संशोधन को मंजूरी दे दी है सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार मध्यम आय समूह एक के संबंध में कारपेट एरिया एक सौ बीस वर्ग मीटर से बढ़ाकर एक सौ साठ वर्गमीटर कर दिया गया है इसी तरह मध्यम आय समूह दो के लिए इसे एक सौ पचास वर्गमीटर से बढ़ाकर दौ सौ वर्गमीटर किया गया है निर्माण क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है जिससे मकानों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी सरकार के इस जगाग से मध्यम आग समह के अधिक लोग दस कार्यक्रम का लाभ उठा सकेंगे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 आज का अधिकतम तापमान पच्चीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तेईस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया